प्रदेश में कोरोना से मृत्यु दर में आई कमी अन्य राज्यों के मुकाबले स्थिति बेहतर केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का किया गठन विभिन्न स्थानों पर हो रही तेज बारिश से नदी नाले उफान पर चम्बल नदी के किनारे बसे गांवों में हाई अलर्ट जारी

इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को प्रारूप तैयार करने और आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉडल सीएचसी में सभी तरह की जांच और इलाज सुविधाएं विकसित करने के लिए विधायक कोष से राशि उपलब्ध कराई जाएगी श्री गहलोत ने कहा कि मॉडल सीएचसी के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के विधायक की भी राय ली जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश के मौसम में निमोनिया की आशंका बढ़ जाती है ऐसे में निमोनिया के साथ कोरोना का संक्रमण होना गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है

उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी हैल्थ प्रोटोकॉल की अनुपालना सख्ती से करवाने के निर्देश दिए

दौसा में हमारे संवाददाता ने बताया कि कोविड महामारी के कारण बेरोजगार हुए प्रवासी मजदूरों को जिले में इस योजना का लाभ मिल रहा है

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे राष्ट्रीय परिषद सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संदर्भ में नीतियां कार्यक्रम कानून और परियोजनाएं तैयार करने के बारे में सलाह देगी परिषद ट्रांसजेंडरों को समान अवसर और पूर्ण भागीदारी प्रदान करने से संबंधित नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करेगी और उन पर निगरानी रखेगी

कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से श्रीमती सोनिया गांधी से अनुरोध किया कि वे कांग्रेस अधिवेशन तक पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहें उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से श्रीमती गांधी और राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की श्री वेण्गोपाल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकारिणी का मानना था कि पार्टी के अंदरूनी मुद्दों पर मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर चर्चा नहीं की जा सकती उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी ने सभी सम्बंधित नेताओं से अनुरोध किया है और सलाह दी है कि पार्टी हित में और अनुशासन के मुद्देनजर ऐसे मुद्दों को केवल पार्टी मंच पर ही उठाएं श्री वेणुगोपाल ने कहा कि सोनिया गांधी को किसी भी चुनौती से निपटने के लिए संगठन में आवश्यक बदलाव करने के लिए अधिकृत किया है

इसके चलते धौलपुर जिले में चम्बल नदी खतरे के निशान से एक मीटर उपर बह रही है धौलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे सभी गांवों में हाई अलर्ट जारी किया हुआ है

उधर सवाई माधोपुर जिले में चम्बल नदी के किनारे बसे सेंवति धर्मपुरी और बोहना सहित कई गांवों में लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है जिले के झरेल के बालाजी से मध्य प्रदेश के खातोली को जाने वाला मार्ग अवरूद्ध हो गया है टोंक जिले के बीसलपुर बांध में भी लगातार पानी की आवक हो रही है

राजधानी जयपुर में रिमझिम बारिश का दौर आज भी बना हुआ है